प्राकृतिक आपदाओं से अत्यिधक प्रभावित किसानों के ब्याज में दो प्रतिशत और समय पर ऋण भ्गतान पर मिलने वाली तीन प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी

मंत्री ने कहा कि पहचान किये गये अढ़ाई करोड़ घरों को मार्च तक कवर करके सौभाग्य योजना को पुरा किया जा जायेगा श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व को सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है तथा पिछले पांच सालों में सकल घरेलू उत्पाद जितना बढ़ा है उतना किसी सरकार मे नहीं बढ़ा

उन्होंने कहा कि सागर मेले से आयात और निर्यात में तेज़ी आयेगी और देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी गत पांच सालों से दस गुणा बढ़ी है

लोकसभा में अपने बजट भाषण में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाना चाहती है और जन धन आधार मोबाइल तथा सीधे लाभ हस्तातरण इसे साबित कर देंगे

वित्तमंत्री ने मध्यम वर्ग को भी राहत दी है कर्मचारियों को पांच लाख रूपये तक की आय पर कर से छूट का ऐलान किया गया है जिसका तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा

किराये पर टैक्स कटौती की हद भी एक लाख अस्सी हजार से बढ़कर दो लाख चालीस हजार रूपये हो गई है

हरियाणा सरकार ने त्रंत प्रभाव से डॉक्टर के पी सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ प्लिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया है सरकार ने अपने आदेश में कहा है जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशान्सार प्लिस महानिदेशक के लिए किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर के पी सिंह अपनी मौजूद जिम्मेदारी के साथ साथ हरियाणा प्लिस महानिदेशक का कार्यभार भी संभालेंगे

श्री फड़णवीस ने हरियाणा से महाराष्ट्र का गहरा नाता बताते हये कहा कि मराठों ने देश को बचाने के लिये पानीपत में आकर विदेशी आक्राताओं के बीच पांच लड़ाई लड़ी थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बजट में सभी वर्गो के लोगों का ध्यान रखा गया है और देश को स्दृढ़ करने की की दिशा मे यह कदम महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तो केवल अंतरिम बजट है और चुनाव के बाद आने वाला बजट भारत को विकास के रास्ते पर ले जायेगा केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा है कि अंतरिम बजट मोदी सरकार द्वारा देश को दिये दिश निर्देशों को ईगित करता है उन्होंने कहा कि बजट विकासोमुखी तथा किसा व गरीब हितैषी है और मध्यम वर्ग की खरीद शक्ति को मजबूत करने वाला है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है केन्द्रीय मंत्री स्रेश प्रभ् ने बजट को व्यापक और पूर्णता वाला बताया है

मंत्री राम बिलास पासवास ने कहा कि बजट किसानों मध्यवर्ग अनुसूचित जातियों जन जातियों और समाज के अन्य वर्गो के हित में है सूचना व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिये है और इसमें शांचगत विकास को बल मिलेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट को एक विकासोन्मुखी बजट बताया और कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों के हित किसानों के हित के साथ साथ आम आदमी के पक्ष का है और देश को विकास की नई गति देगा विपक्ष के केन्द्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी का च्नावी बजट बताया है कांग्रेस नेता मलिकाज्न खड़गे ने हा कि इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है अन्य कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने किसानों के बारे बजट में की गई घोष्णा पर प्रश्न उठाया है पर उन्होंने मध्यम वर्ग के करो में दी गई छूट की सराहना की है मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के के पी करूणाकरण ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कार्यकाल के केवल तीन महीने रह गये है जबकि बजट में बड़े बड़े वादे किये गये है